उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी उन्हॉने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम सम्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को परास्त करने के लिये अधिकारियों को एक कदम आगे की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि कोविड नाइन्टीन एक नई बीमारी के रूप में दुनिया के सामने आयी है इसलिये इसे परास्त करने की हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिये वह आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विमाग के नोडल अधिकारियों को कोविड चिकित्सालयों को दुरूस्त रखने का निर्देश दिया है उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया इस दौरान उन्होंने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिये सभी विभागों को प्रभावी योजना बना कर उसके अनुरूप कार्य करने को कहा

उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी ये विधेयक किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्वि करते है छ महीनों से ज्यादा समय तक पर्यटकों के लिए बंद रहने के बाद प्रदेश में कई प्रमुख ऐतिहासिक इमारते और म्यूजियम आज जनता के लिए खोल दिए गए इनमें लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा और सारनाथ के म्यूजियम के अलावा ताजमहल और आगरा का किला भी शामिल है इसके सम्बन्ध में भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं कोरोनावायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ताजमहल में एक दिन में सिर्फ पांच हजार लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा ज्यादा लोगों की एक साथ खड़े होकर फोटो लेने पर भी मनाही होगी टिकट खिड़कियां बंद रहेंगी और सिर्फ टिकटों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी मजार के पास एक बार में सिर्फ पांच लोगों को जाने की इजाजत होगी और पार्किंग सहित अन्य स्थानों पर भी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही ताजमहल में प्रवेश मिलेगा देश कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में ठीक होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात का उन्नीस प्रतिशत है केन्द्रीय मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक तैंतालिस लाख छियानवे हजार से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं अमेरिका में स्वस्थ होने की दर अट्ठारह दशमलव सात शून्य ब्राजील में सोलह दशमलव नौ शून्य जबकि रूस में चार प्रतिशत है मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर अस्सी दशमलव एक दो प्रतिशत तक पहुंच गई है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से तथ्य जांच श्रंखला में सोशल मीडिया पर आ रही बेबनियाद खबरों की जांच कर सच्चाई सामने लायी जाती है यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक दो हजार बीस लागू होने के बाद कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रूक जाएगी कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज बेच सकेंगे मंत्रालय ने कहा कि रबी मौसम की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी इस महीने की सत्ताईस तारीख को होने वाले जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिये एक लाख साठ हजार आठ सौ चौंसठ छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है आज से एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे देशमर के तेईस आईआईटी की ग्यारह हजार से ज्यादा सीटों पर इस प्रवेश परीक्षा के स्कोर पर दाखिला होगा

हेलीकॉप्टर का मलवा गांव के खेत में मिला पुलिस ने ग्रामणों की मदद से पायलट का शव निकाला

यह हेलीकॉप्टर रायबरेली के फुरसतगंज एकेडमी से उड़ान भरा था और खराब मौसम के कारण अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा